प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से अनुरोध किया है कि युवाओं और छात्र समुदाय को जल सरंक्षण की अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने जल से संबंधित परम्परागत तरीकों को प्रचारित करने का भी अनुरोध किया

श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा होना इस बात का परिचायक है कि सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता देती है समापन भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न कहा कि राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बिन्दु है और राज्यपालों को अपनी भूमिका से केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए

इसी दिन से नागरिकों में मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू किया जायेगा

इससे पहले महात्मा गांधी के एक सौ पचासवें जन्म दिवस पर विधानमंडल का छत्तीस घंटे का लगातार विशेष सत्र चलाकर रिकार्ड बनाया गया था कल संविधान दिवस है

पहला भारतीयों का आत्म सम्मान और दूसरा भारत की एकता संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला हैं इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है हम जितना गौरव करें उतना कम हैं और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्नेटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया

राज्यसभा की यह सीट समाजवादी पार्टी की तंजोम फातिमा के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है

निष्कासित कांग्रेस नेता सिराज मेहंदी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस में क्छ कम्यूनिष्ट मानसिकता के नेता शामिल हो गये हैं जो महासचिव प्रिंयका गांधी वाड्रा को गुमराह कर रहे है सिराज मेहंदी ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हाल ही में पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा दस वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित किया जाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है और सभी नेता पार्टी सूप्रीमो सोनिया गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे कल ही पार्टी की प्रदेश इकाई ने सिराज मेहंदी राम कृष्ण द्विवेदी और सत्यदेव त्रिपाठी सहित दस वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से छह साल से निष्कासित कर दिया था

आज लोकसभा में कोन्द्रीय वित्त राज्यमत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया से बचाव के लिए आज से राज्य में व्यापक उपचार अभियान शुरू किया गया है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान के अंतर्गत दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दवा दी जाएगी

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायल के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं परिवहन निगम द्वारा मृतकों के परिजनों को यात्री राहत कोष से पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी पीलीभीत जनपद की चार चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई शुरू कर दी गई है गन्ना किसानों के लिये शुरू की गई मेसेज प्रणाली गन्ने की पर्ची और ई गन्ना एप किसानों में खासे लाकप्रिय हो रहे हैं

किसानों में एसएमएस पर्ची खासी लोकप्रिय हो रही है ई गन्ना एप एवं केन यूपी वेबसाइट से किसान अपने साथ अन्य कृषकों के भी आपूर्ति विषयक आंकड़ों का परीक्षण कर पा रहे हैं पेराई सत्र के सकुशल व पारदर्शी संचालन हेतु मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है

अकादमी के महासचिव युगान्तर सिंदूर ने बताया कि यह सम्मान दोनों साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये प्रख्यात गीतकार प्रोफेसर राम स्वरूप सिन्दूर की नवासीवीं जयन्ती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया जायेगा अकादमी का यह सातवां सम्मान समारोह है अकादमी हर वर्ष देश के दो सुविख्यात हिन्दी और उर्दू के साहित्यकारों को सम्मानित करती है प्रदेश के महराजगंज में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सुनील पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश सरकार विलुप्त प्रायः गिद्वों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिये महराजगंज की फरेंदा तहसील के भारी वैसी गांव में प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केन्द्र स्थापित करेगी गारखपुर वन प्रभाग में पांच हेक्टेयर में स्थापित होने वाला यह केन्द्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित देश क पहले जटायू संरक्षण और प्रजनन केन्द्र की तर्ज पर स्थापित किया जायेगा उन्होंने बताया कि इस केन्द्र की स्थापना वन्य जीव अनुसंधान संगठन और बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है हमारा संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा